मिशन इंद्रधनुष सघन टीकाकरण मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू हो गया है केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिथ्थिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चुने गये क्षेत्रों में एनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं

प्रदेश में भी मिशन इंद्रधन्ष की शुरुआत हो गई है इस दौरान जगह जगह बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई अल्मोड़ा के महिला चिकित्सालय में मिशन इन्द्रधनुष अभियान की शुरुआत प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बच्चों को जीवन रक्षक ड्राप पिलाकर की

राज्य के अन्य जगहों पर भी अभियान की शुरुआत की गई विधानसभा सत्र देहरादून में आगामी बुधवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज बैठक हुई बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए चर्चा की गई

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह डीजीपी अनिल रतूड़ी डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार सहित कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी नदी पर बना पुल पीपीपी मोड में निर्मित होने वाला पहला पुल है जिम कार्बेट और नैनीताल शहर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं जिन्हें पुल के निर्माण होने से रामनगर में आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आजीविका में सुधार के लिए किसान समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है योजना के अच्छे परिणाम प्राप्त होने पर किसानों के लिए अन्य आकर्षक योजनाएं भी चलाई जायेंगी उन्होंने जनपद में लॉन्च की गयी टेलीमेडिसिन सेवा तृप्ति एप सूद पोर्टल एवं एप और संतुष्टि पोर्टल की प्रशंसा भी की संसद में निंदा संसद के दोनों सदनों में हैदराबाद में सामूहिक द्ष्कर्म के बाद पश् चिकित्सक की हत्या के जघन्य मामले की कड़ी निन्दा की गई और सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने घटना की निन्दा करते हुए महिलाओं के प्रति अपराध के लिए दोषियों को कड़ी सजा देने कानून और पुलिस व्यवस्था में बदलाव की मांग की सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी ऐसी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है उन्होंने कहा कि हैदराबाद की घटना एक कलंक ळें सीएम निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में निर्माणाधीन सूर्यधार झील का आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और गुणवत्ता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में निर्धारित अवधि में सूर्यधार झील का काम पूरा कर लिया जाए

इसकी डिजाईन इस तरह की है कि इसमें सिल्ट की समस्या नहीं आएगी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के अवसर भी सुजित होंगे

इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और डेढ़ करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक और व्यापारी मौजूद थे उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही योजना के लिए उनका पंजीकरण भी किया गया जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके

इस ईको फ्रेण्डली मोबाइल एप के माध्यम से लोग आसानी से ई रिक्शा ब्रक कर सकते हैं ग्रीन रैबिट मोबाइल एप के माध्यम से महिला यात्रियों के लिये पिंक रैबिट ई रिक्शा बुक किया जा सकता है जिसका उपयोग सिर्फ महिला यात्री कर पाएंगी इसको महिला ड्राइवरों द्वारा ही चलाया जाएगा इस योजना को ग्रीन रैबिट नामक स्टार्ट अप द्वारा संचालित किया जा रहा है कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के लिये पिंक रैबिट ई रिक्शा ब्रकिंग की व्यवस्था होने से उनके लिये सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी साथ ही महिला ड्राइवरों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा राज्यपाल ने कहा कि आज समय की मांग है कि पर्यावरण हितैषी वाहनों को प्रोत्साहित किया जाय प्रदूषण को कम करना सबकी जिम्मेदारी है इलैक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने में युवाओं और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है युवाओं को ग्रीन लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिये सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग और कार प्रलिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये अंबेडकर मूर्ति कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है जिससे सरकारी स्कूलों पर लोग विश्वास रखें आज रुद्रपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एन सी ई आर टी की किताबों को शत प्रतिशत लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है श्री पांडे ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को सीखने के लिए ऐसे महापुरुष की मूर्ति लगाई गई है जिससे उन्हें संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी फिट इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए श्री पांडे ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ मानसिकता के साथ स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है इसलिए सभी को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन अन्य कार्यों के साथ ही व्यायाम भी करना चाहिए तभी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हम सहयोग कर पाएंगे कार्यशाला टिहरी लोक योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास के अन्तर्गत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पंहचाने और ग्राम पंचायत के विकास में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टिहरी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा लोक योजना अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली बैठको में सभी लाईन अधिकारी क्षेत्रीय कर्मचारी और सर्वे दल उपस्थित रहेंगे उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत को वित्तीय रुप से सशक्त और प्रगतिशील बनाना है यह तभी सम्भव है जब जीपीडीपी में ग्रामवासियों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो

लोक योजना रथों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए रूट चार्ट भी निर्धारित किया गया है

हाईकोर्ट बिजली दर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के बिजली विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पावर कॉरपोरेशन द्वारा सस्ती बिजली देने और आम जनता के लिए बिजली की दरों को बढ़ाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की हाईकोर्ट में पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पेश हुए और शपथपत्र दिया उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर सभी बिजली विभाग के कर्मचारियों के घर मीटर लगा दिये जाएंगे उन्होंने ये भी माना कि विभाग द्वारा अनियमितताएं की गई हैं और एक महीने के अंदर इनकी जांच की जाएगी उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक कर्मचारियों का दिसम्बर महीने का वेतन रोक दिया जाएगा